यह समिति जून में राज्यपालों के सम्मेलन में गठित की गयी थी राज्यपालों की समिति ने भूमि जल बीज उर्वरक ऊजा बाजार आदि को सरलीकृत किए जाने की तत्काल आवश्यकता बतायी है

उन्होंने पाकिस्तान पर अपने कई शिविरों में आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने का आरोप लगाया

सेना प्रमुख ने कहा कि हाल ही में एक जवान के शहीद होने के बाद सेना ने पथराव करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई हैं

आकाशवाणी से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में ये कानून बहत उपयोगी होगा श्री चौधरी ने कहा कि नये कानून के बनने के बाद गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर रोक लग सकेगी तथा मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का समाधान किया जा सकेगा उन्होंने कहा कि ऑनलाइन खरीददारी करने वाले उपमोक्ताओं को भी इस कानून से संरक्षण मिलेगा

उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने एक ऐतिहासिक फैसले में कानूनी प्रावधानों के न होनेसे निजी कंपनियों द्वारा आधार के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया था

केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत आज बाड़मेर संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल श्रीगंगानगर केन्द्रीय मंत्री सी आर चौधरी जोधपुर देहात प्रदेश भाजपा प्रवक्ता सतीश पूनिया झुंझुन् सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरूण चतुर्वेदी सवाईमाघोपुर और गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का बांसवाड़ा जिले के प्रवास पर है भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर भी आज उदयपुर प्रवास पर हैं उन्होंने वहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी चुनाव के बारे में चर्चा की

श्री जावडेकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के हर रक्षा सौदे में बिचौलिया थे जबकि राफेल सौदे में कोई बिचौलिया नहीं था इसलिए इसे रोका गया था

उन्होंने कांग्रेस से प्रश्न किया कि राफेल सौदा को पूरा क्यों नहीं किया और क्यों रोका गया अगर उस समय पूरा कर दिया होता तो आज तक विमान भी आ गए होते

उन्होंने कहा कि श्री गांधी को सपने में भी राफेल ही दिखाई देता है

बैठक में स्कीनिंग कमेटी की अध्यक्ष क्मारी सैलजा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट सहित कमेटो के अन्य सदस्य माग ले रहे हैं श्री पायलट ने संवाददाताओं को बताया कि कमेटी द्वारा विधानसभावार पैनल तैयार किए जाएंगे जिन पर अंतिम निर्णय पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे

श्री बेनीवाल ने आज जयपूर में पत्रकारों को बताया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बारी बारी से किए जा रहे कुशासन और भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है और इससे मुक्ति चाहती है उन्होंने कहा कि नयी पार्टी में समान विचारघारा वाले नेताओं को सम्मान दिया जाएगा

वीडियो कांफेसिंग में एनआईसी के अधिकारियों ने सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली के बारे में जिलाधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी इस मौके पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह पोर्टल इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसमें गलतियों की गुंजाइश बहुत कम है उन्होंने कहा कि पोर्टल पर नाम वापसी की सूचना और अंतिम उम्मीदवारों की सूचना भी अपलोड करनी होगी

करौली जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालय से कुडगाम तक मोटरसाइकिल वाहन रैली निकाली गई अजमेर में शिक्षण संस्थाओं में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता पोस्टर और कट आउट निर्माण प्रतियोगिताएं हुई साथ ही विद्यार्थियों को चुनाव और मतदान प्रक्रिया समझायी गयीं विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर और मशाल रैली निकालकर लोगों को मतदान करने का संदेश दिया नागौर जिले के गोगेलाव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई छात्र छात्राओं ने मतदान के प्रति जागरूकता के लिए रैली भी निकाली टोंक में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत महिला विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया बीकानेर में भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम जोर शोर से चलाए जा रहे हैं

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आलोक रंजन ने बताया कि मैराथन को मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार हरी झण्डी दिखाकर रवाना करेंगे

सुहागिनों में इस पर्व को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है विवाहिताए अखण्ड सुहाग की कामना को लेकर आज व्रत रख रही है करवा चौथ पर नागौर में महिलाओं ने दिनभर खरीददारी की सवाईमाघोपुर में महिलाओं ने त्रिनेत्र गणेश मंदिर और चौथ का बरवाड़ा के देवी मंदिर में दर्शन किए बूंदी में बाणगंगा स्थित देवी मंदिर में महिलाओं की भारी भीड़ रही झुंझनू के सीआईएसएफ के एएसआई राजेन्द्र प्रसाद मीणा कल देर रात को कश्मीर के नौगांव में हुए आतंकवादियों के हमले में शहीद हो गए वे मलसीसर उपखंड की ग्राम पंचायत लादूसर के चैनपुरा गांव के रहने वाले थे उनका अंतिम संस्कार कल पूरे राजकीय सम्मान से किया जाएगा

इस अवसर पर देशभर में रन फोर यूनिटी यानि एकता के लिये दौड का आयोजन किया जायेगा प्रदेश में इस दिन सभी अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रीय एकता की शपथ लेगें इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता के लिए दौड़ और बैण्ड के साथ मार्चपास्ट मी आयोजित किया जायेगा